उन्होंने लोगों से जनऔषधि केंद्रों की किफायती दवाओं का उपयोग करने का किया आग्रह

प्रदेश में मिशन शक्ति का दूसरा चरण आज से होगा शुरू

एक सौ इक्यानबे लोग हए स्वस्थ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से जन औषधि केन्द्रों की दवाओं का उपयोग करने का आग्रह करते हए कहा है कि इन केन्द्रों के जरिए लोगों ने नौ हजार करोड़ रुपये की बचत की है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 इन केंद्रों के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को हर साल तीन हजार छः सौ करोड़ रूपये की बचत हो रही है अब तक आप जैसे परिवारों का करीब नौ हजार करोड रूपए से ज्यादा का पैसा बच गया है क्योंकि दवाईयां उनको बहुत कम पैसे में मिल गई हैं अब उसके कारण पहले वो दवाईं लेते नहीं थे अब दवाई ले रहे हैं तो एक तो शरीर को भी लाभ हो गया पैसे बच गए तो परिवार को भी लाभ हो गया कि भई चलो अब अच्छे काम के लिए बच्चों की पढाई के लिए हम पैसों को खर्च करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे भी मुझे ये आप्रह होगा कि जिनसे भी आप जानते हैं पहचानते हैं अगर उनको दवाईयां खानी पड रही है तो उनको जरूर बताईये आप ये जन औषधि केन्द्र से दवाईं लिजिए लोग उसको मोदी की दुकान कहते हैं तो मोदी की दुकान से खरीदिए और जाकर के अपने पैसे भी बचाईए और दवाई लेने में कभी कोताही मत बरतिए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 उन्होंने कहा कि देशभर में एक हजार से अधिक जन औषधि केन्द्र महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष दो हजार चौदह तक देश में सौ से भी कम जन औषधि केन्द्र थे उन्होंने बताया कि सरकार बहुत जल्द इस तरह के दस हजार और केन्द्र खोलने पर ध्यान दे रही है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष दो हजार तेईस को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मोटे अनाज की पैदावार बढ़ेगी जिससे छोटे किसानों को फायदा पहंचेगा मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अगले माह से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली गेहूं खरीद की सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में कल विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जनपदों में जिलाधिकारी गेहूं खरीद की तैयारियों की नियमित समीक्षा करें श्री योगी ने राज्य में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने के लिए चलाए जा रहे वरासत अभियान को भी पूरी सक्रियता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी महिलाओं को बधाई और शुभकामनाए दी हैं अपने संदेश में श्री योगी ने कहा कि देश और समाज की प्रगति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक है उन्होंने कहा कि महिलाएं आज अपने विशिष्ट कार्यो से समाज को राह दिखा रही हैं श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं और बालिकाओं के सर्वागीण विकास के लिए कृत संकल्पित है उन्होंने कहा कि महिलाओं के सुरक्षा सम्मान और स्वावलम्बन के लिए प्रदेश सरकार कई योजनाए संचालित कर रही है इस बीच महिला दिवस पर आज से बरेली का हवाई अड्डा भी शुरू हो रहा है हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में आज से मिशन शक्ति के द्रसरे चरण का भी शुभारम्भ हो रहा है

महिला दिवस के मौके पर शुरू होने वाली पहली फ्लाइट में सभी क्रू मेंबर महिलाएं होंगी महिला दिवस के अवसर पर राज्य के हर जिले में टीकांकरण केंद्रों पर तीन सत्र आयोजित किए जाएंगे जिसमें टीकांकरण करने वाले से लेकर टीका लगवाने वाली सभी महिलाएं होंगी राजधानी लखनऊ में आज सभी ऐतिहासिक इमारतों में महिलाओं का प्रवेश निशुल्क होगा वहीं कई जिलों में जहां एक और पिंक मैराथन आयोजित की जाएगी वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग महिला कैदियों को भी रिहा किया जाएगा सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश बीस लाख से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है प्रदेश में अब तक चौदह लाख पचासी हजार आठ सौ तिरानबे लोगों को कोविड का पहला टीका और पांच लाख उन्तीस हजार दो सौ इक्यावन लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया जा चुका है राज्य में अब तक क्ल बीस लाख पन्द्रह हजार एक सौ चौवालीस लोगों को कोविड के टीके लगाये गये हैं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश में एक अनूठी पहल की जायेगी इसके तहत राज्य के सभी पचहत्तर जनपदों में कोविड टीकाकरण के तीन तीन बूथ महिलाओं के टीकाकरण हेतु समर्पित रहेंगे इनके संचालन की जिम्मेदारी भी महिला चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के हाथों में होगी प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामले घटकर एक हजार छः सौ सैंतालीस रह गये है पिछले चौबीस घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के एक सौ सत्रह नये मामले सामने आये जबकि इस दौरान एक सौ इक्यानबे लोग बीमारी से ठीक हुए हैं प्रदेश में अब तक कुल पांच लाख तिरानबे हजार आठ सौ पंचानबे लोग बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं जबकि आठ हजार सात सौ सैंतीस लोगों की मृत्यु हुयी है इस बीच प्रदेश में कोविड की जांच का कार्य तेज गति से चल रहा है शनिवार को एक दिन में एक लाख आठ हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक प्रदेश में क्ल तीन करोड़ बीस लाख छियासी हजार तीन सौ छ नमूनों की जांच की जा चुकी है राज्य में आगामी तेरह मार्च से सत्ताईस मार्च तक लक्षित समूहों की कोविड जांच का विशेष अभियान चलाया जाएगा उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कल अयोध्या में रामलला हनुमानगढ़ी और कनक भवन में दर्शन पूजन किया उन्होंने कहा कि अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का श्रीराम विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा जिससे अलग अलग भाषाओं में लिखी रामायण और रामचरित मानस के साथ साथ अन्य धार्मिक ग्रन्थों पर शोध और अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा उन्होने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र से प्रस्ताव मांगे गये हैं और जल्द ही इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया जाएगा लखनऊ के इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में दो दिवसीय राज्य ग्र्ड महोत्सव का कल समापान हो गया इसका समापन प्रदेश के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने किया इस अवसर पर श्री राणा ने कहा कि गुड़ महोत्सव में गुड़ से बने उत्पादो को एक नई पहचान मिली है महोत्सव के दौरान गन्ना उत्पादकों को उच्च ग्णवत्ता का ग्रुड बनाने तथा उसके सह उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया वाराणसी में गंगा के चौरासी घाटों पर कल जिला प्रशासन ने आम लोगों की सहभागिता से विशेष सफाई अभियान चलाया आयुक्त और जिलाधिकारी के नेतृत्व में नगर निगम कर्मचारियों सफाईकर्मियों स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों ने अभियान में भाग लिया जिलाधिकारी ने कहा कि गंगा सफाई का यह अभियान प्रत्येक माह के एक रविवार को संचालित किया जाएगा सोशल मीडिया पर इन दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अयोध्या के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया एक फर्जी पत्र वायरल हो रहा है प्रदेश के सुचना एवं जन सम्पर्क विभाग ने ट्वीट कर स्पष्ट किया है कि यह पत्र पूरी तरह से असत्य और तथ्यहीन है